श्री मोदी ने आशा जतायी सभी सांसद लोकतांत्रिक ढंग से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे

जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन को जारी किये गये निर्देश

अगले दो से तीन दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी की आशंका बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करने के साथ साथ हमें यह भी सिखाता है कि हर नागरिक को नियमों का गंभीरता से पालन करना चाहिए

लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत द्रभाग्यपूर्ण है जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है

छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री कोविंद ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सरकार द्वारा समय पर लिए गए उचित निर्णयों से लाखों लोगों की जान बचाने में मदद मिली

आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है श्री कोविंद ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने दुनिया के कई देशों को कोरोना महामारी के लाखों टीके मुफ्त उपलब्ध कराकर मानवता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह किया है राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार गरीबों वंचितों महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है नये कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस वामपंथी दलों राष्ट्रीय जनता दल डीएमके तृणमूल कांग्रेस शिव सेना समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार के लिए विपक्ष की आलोचना की संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का सम्मान करना लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा है उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि कांग्रेस राष्ट्रपति के संबोधन का बहिष्कार कर किस तरह की परम्परा कायम करना चाहती है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार पर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्षी दलों की निंदा की

संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की अपनी एक गरिमा है और राष्ट्रपति की अभिभाषण का बहिष्कार करना यानी राष्ट्रपति का अपमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज से शुरू हुआ संसद का सत्र इस दशक का भी पहला सत्र है संसद में बजट सत्र की शुरूआत से पूर्व श्री मोदी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र के समय का पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिए और सांसदों को इसी बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी चाहिए

भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को उन संकल्पों को तेज गति से सिद्व करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हों सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो ये देश की अपेक्षाएं हैं

इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की विकास दर में सुधार होने के संकेत दिये गये हैं केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार बीस इक्कीस प्रस्तुत किया सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात और सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला रोकने में मदद मिलेगी प्रदेश में आठ फरवरी से कक्षा छह से आठ तक के सभी स्कूल खूल जायेंगे मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आज पटना में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया सभी स्कूलों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करने का निर्देश दिया गया है

आज औरंगाबाद और गया समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गयी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी की आशंका है

पांच दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ आज वाल्मिकीनगर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने आज बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में शपथ ली परिषद् के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दोनों नेताओं को पद की शपथ दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब पांच फरवरी को सुनवाई होगी श्री प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आधी सजा काट लिये जाने के आधार पर झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है आज हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय मांगा गया जिसे न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने स्वीकार कर लिया राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस टीकाकरण के प्रथम चरण के तहत दस फरवरी तक सभी स्वास्थ्यकर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि कोविन पोर्टल में आ रही परेशानियों को देखते हुए सभी जिलों को स्थानीय स्तर पर लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से टीकाकरण सत्र निर्धारित करने को कहा गया है उन्होंने बताया कि कोविन पोर्टल पर निबंधित लोग यदि तय समय से पहले टीकाकरण केन्द्र पर पहुंचते हैं तो भी उन्हें टीके दिये जायेंगे उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों ओर सिविल सर्जन को निर्देश दिये गये हैं इधर राज्य में अब तक एक लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं प्रदेश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है वर्तमान में एक हजार चार सौ पचहत्तर मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है स्वस्थ होने की दर अंठानवे दशमलव आठ छह प्रतिशत तक पहुंच गयी है दो लाख संतावन हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक एक हजार चार सौ बानवे लोगों की मौत हुई है इधर देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव नौ छह प्रतिशत पर पहुंच गयी है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज पूर्णिया में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के क्षेत्रीय कार्यालय सह प्रयोगशाला भवन की आशारशीला रखी इस अवसर पर श्री प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि इसके बन जाने से सीमांचल के सभी जिले लाभान्वित होंगे पूर्वी चंपारण जिले के जाने माने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता जय प्रकाश मिश्र को पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल के रेलवे परामर्शदात्री समिति का सदस्य बनाया गया है श्री मिश्र मोतिहारी के पश्चिमी राजाबाजार मोहल्ला के रहने वाले हैं नालंदा किशोर न्याय परिषद् ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में केवल नौ कार्य दिवसों में अपना फैसला सुनाया है परिषद् ने दोषी ठहराये गये नाबालिग को आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत तीन तीन साल कारावास का सजा सुनायी है दोषी की उम्र सोलह वर्ष से कम है जिस कारण उसे पटना के स्पेशल होम में रखा जायेगा

घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गोपालगंज जिले के मांझा बाजार में अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी हत्या से आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया गया जिले के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत डुभल गांव में एक निजी सुरक्षा गार्ड की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाना क्षेत्र के बसबिट्टा से एसएसबी के जवानों ने एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है उसके पास से मानव शरीर की हड्डियां बरामद की गयी हैं दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में प्रलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दूर्भाग्यपूर्ण बताया

श्री मोदी ने आशा जतायी सभी सांसद लोकतांत्रिक ढंग से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे

अगले दो से तीन दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी की आशंका